भाजपा सदस्य पानी ताराम ने प्रश्नकाल के दौरान पुछा की किन परिस्थियों के कारण सरकार को शरणार्थियों के अवेदन पत्र को केंद्र सरकार को अंग्रेसित करना पड़ा श्री ताराम की पुरक प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री वाई ने कहा कि पिछले वर्ष विधान सभा में चकमा हाजोंग को राज्य की नागरिकता प्रदान न करने का संकल्प लिया गया था और इसी के कारण गृह मंत्रालय को आवेदन पत्र अग्रेसित किया गया है गौरतलब है कि सत्रह सितंबर दो हजार पंद्रह को उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार से चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार प्रधान करने की विषय को अंतिम रुप देने का आदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से दो हजार पच्चीस तक तपेदिक उन्मूलन अभियान का आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समयसीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया इसके बाद उन्होंने तपेदिक मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की एक मिशन के रुप में तपेदिक उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनितिक योजना के तहत गतिविधियां चलाई जाएंगी

वित्त योजना और निवेश विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी व संपर्क विभाग ने मिलकर इस वेबसाईट का डिजाइन बनाया है वेबसाइट में प्रदेश बजट दो हजार अटठारह उन्नीस का विवरण दिया गया है गौरतलब है कि जन भागीदारी योजना के तहत दो हजार अटठारह उन्नीस बजट के लिए राज्य सरकार ने नागरिकों से सुझाव माँगा था इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी योजना के विजेयताओं को पुरस्कृत किया प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी ने इसमें पहला स्थान हासिल किया जिता रिबा ने दूसरी और मालार बूई व अरुणाचल इंडिजिनियश ट्राईब्स फोरम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया प्रदेश से जन भागीदारी योजना में तीन सौ सुझाव मिले यूपिया नागरिक न्यायाधीश अदालत ने एक आदेश जारी कर पेमा सामचुंग और उसके प्रतिनिधियों से किसी भी माध्यम के जरिए मुख्यमंत्री पेमा खांड्र के छवि को बदनाम न करने का आदेश जारी किया गौरतलब है कि पेमा सामचुंग ने आरोप लगाया है कि पेमा खांडू व उनके साथियों ने वर्ष दो हजार आठ को उसके साथ बलात्कार किया था इससे पहले दो हजार सोलह को कोर्ट ऑफ सिविल जज यूपिया ने और राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में मामले में श्रन्यता के चलते इसे खारिज कर दिया था इस मसले पर पिछले आठ मार्च को सामचुंग द्वारा प्रेस कॉन्प्रेंस बुलाए जाने के बाद नाग़रिक न्यायाधीश अदालत यूपिया ने यह आदेश जारी किया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस मामले को खारिज करने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पेमा सामचुंग के खिलाफ पहले से ही मानहानी का मुकदमा दायर किया हुआ है भारतीय सेना के असम रेजिमेंट ने अशोक चक्र सम्मानित शहीद हवलदार हांगपन दादा के सम्मान में उनके नाम पर मध्य प्रदेश के म्होव में एक एन्क्लेव का नाम रखा असम रेजिमेंट द्वारा वीर को सम्मानित करने की कोशिश में यह एक पहल है शनिवार को शहीद दादा की पत्नी चासेन दादा ने एन्क्लेव का उद्घाटन किया इंडिगों ने प्रतिदिन लगभग एक हजार उड़ानों में से सैंतालीस को रद्द कर दिया है उधर वाडिया ग्रूप के गो एयर ने भी अटठारह उड़ान रद्द की हैं

लखनऊ के लिए कल इंडिगों का एक विमान उड़ान भरने के चालीस मिनट बाद ही अहमदाबाद लौट आया क्योंकि उड़ान के दौरान इसका एक इंजन खराब हो गया था इसके बाद डी जी सी ए ने कंपनी के विमानों की उड़ान रद्द करने का आदेश जारी किया कल ग्यारह विमानों द्वारा उड़ान न भर पाने के कारण इंडिगो और गो एयर की दर्जनों उड़ानें रद्द की गयीं जिसकी वजह से देशभर में सैकड़ों लोग विमान यात्रा नहीं कर सके खूदरा मंहगाई दर पिछले महीने घटकर चार दशमलव चार चार प्रतिशत पर आ गई जनवरी में यह पांच दशमलव शून्य सात प्रतिशत थी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से कल जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की मुद्रास्फीति दर छब्बीस दशमलव नौ सात प्रतिशत के मुकाबले सत्रह दशमलव पांच सात प्रतिशत और फलों की छह दशमलव दो चार प्रतिशत के मुकाबले चार दशमलव आठ श्रन्य प्रतिशत रही औद्योगिकी उत्पादन की वृद्धि दर जनवरी महीने में सात प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह तीन दशमलव पांच प्रतिशत थी